राज्य सरकार ने कोविड महामारी को देखते हुए प्रदेश में सरकारी खर्चो में कटौती का किया ऐलान

उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर भारत देश के भविष्य को बदलने और उसे विदेशी सामानों की बिकी का बाजार बनाने की जगह वैश्विक आपूर्ति श्रंखला में महत्वपूर्ण सकिय निर्माण केन्द्र बनाने का मिशन हैं कल शाम भारत अमेरीका कार्यनीतिक साईयेदारी फोरम को संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया है कि वैश्विक हित ही उसका लक्ष्य है प्रधानमंत्री ने कहा है कि भारत विदेशी निवेश के प्रमुख स्थल के रूप में उभर रहा है

उन्होंने कहा कि मौजूदा कोविड संकट ने मानव केन्द्रित विकास की जरूरत सामने रखी है

परिपत्र के अनुसार राजकीय भोज पर पाबन्दी रहेगी और नये कार्यालय खोलने की मंजूरी नहीं होगी साथ ही नये वाहनों की खरीद नहीं की जायेगी और सभी प्रकार के प्रशिक्षण सेमिनार कार्यशालाएं उत्सव और प्रदर्शनियों का ऑनलाईन आयोजन किया जायेगा राजकीय अधिकारियों और कर्मचारियों को उपार्जित अवकाश के बदले नकद भुगतान की नई स्वीकृतियां इस वित्त वर्ष में स्थगित रखी जायेगी

मुख्य सचिव ने कहा कि राज्य सरकार का प्रयास है कि प्रदेश में ज्यादा से ज्यादा निवेश हो और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर बढ़े इसके लिए सरकार बहत ही प्रगतिशील दुष्टिकोण के साथ प्रदेश में निवेश अनुकूल माहौल उपलब्ध करा रही है साथ ही नए उद्योगों को बढ़ावा देदेने के लिए वन स्टॉप शॉप सिस्टम शुरू किया गया है

मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कल जयपुर में आयोजित एक उच्च स्तरीय बैठक में इस सम्बन्ध में अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही कर इन पदों को जल्द भरने के निर्देश दिए बैठक में यह भी निर्णय लिया गया कि सामान्य और अन्य पिछड़ा वर्ग श्रेणी के रिक्त पदों पर अभ्यर्थियों को नियुक्ति दी जाए

राज्य के उच्च शिक्षा विभाग ने सभी विश्वविद्यालयों को इस संबंध में पत्र लिखा है

इस बीच भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष डॉ सतीश प्रनिया भी कोरोना संक्रमित हो गये है श्री पूनिया ने अब से कुछ देर पहले ट्वीट कर ये जानकारी देते हुए बताया कि पिछले दिनों उनके सम्पर्क में आये सभी लोग अपनी जांच करवा ले उधर चिकित्सा विभाग ने निजी अस्पतालों के लिए कोरोना के इलाज के दरों का पुनर्निधारण किया है

उत्तर पश्चिम रेलवे के मुख्य जनसंपर्क अधिकारी अभय शर्मा ने बताया कि ये सभी ट्रेन पूरी तरह आरक्षित रहेंगी

उनकी पार्थिव देह आज शाम को उनके गांव पहंचेगी

मुख्यमंत्री अशोक गहर्लोत ने उनकी शहादत को नमन करते हुए अपनी संवेदनाएं जताई है

विभाग का कहना है कि परिसंचरण तंत्र सक्रिय होन्ने के कारण पूर्वी और पश्चिमी भागों में अच्छी बारिश हो सकती है इस बीच आज राजधानी जयपुर में सुबह से ही बादल छाये हुए है इससे पहले कल जिले में विभिन्न स्थानों पर हल्की से मध्यम दर्जे की बारिश हुई उधर राज्य में अब तक सामान्य से छह फीसदी अधिक बारिश हो चुकी है